नागरिक के रूप में हमारा आचरण ही एक नए भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा वह आज वाराणसी में जगम बाड़ी मठ में श्री जगदग्रू विश्वाराध्य गुरूकृल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारा देश शक्ति से नहीं बल्कि लोगों के संस्कारों और सामर्थय से मिलकर बना है हमारे यहां राष्ट्र सत्ता से नहीं संस्कृति और संस्कारों से सृजित हुआ है यहां रहने वाले लोगों के सार्क्थय से बना है हमारे यहां मंदिर हो बाबा विश्वनाथ सहित देश के बारह ज्योतिलिंग हो चार धाम हो या वीर शैव सम्प्रदाय के पांच महापीठ हो ये सारे धाम आस्था और आध्यात्म के ही केन्द्र नहीं है बल्कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक है प्रधानमंत्री ने एक दिन के दौरे पर आज सवेरे अपने संसदीय क्षेत्र पहंचने पर सबसे पहले जंगम बाड़ी मठ में पूजा अर्चना की श्री मोदी ने श्री सिद्वांत शिखामणि ग्रंथ के उन्नीस भाषाओं में अनुदित संस्करणों और ग्रंथ के एक मोबाइल एप्प को भी जारी किया इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे प्रधानमंत्री चंदौली जिले के पड़ाव गये जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किया श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिरसठ फ्ट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया देश में पंडित दीनदयाल की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक हजार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत की पचास विकास परियोजनाओं की शुरूआत की उन्होंने वाराणसी को उज्जैन और ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने काशी एक रूप अनेक नाम से आयोजित हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का उदघाटन किया उदघाटन समारोह को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के हस्तशिल्प और प्रमुख कला उत्पादकों को तकनीकी मदद देने के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध करा रही है हस्तशिल्प हमेशा से देश की ताकत रहे है यह हस्तशिल्प ही देश में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के सौ से ज्यादा कलाकारों के उत्पाद प्रदर्शित किये गये हैं कलाकारों और ब्नकरों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उत्पाद की ग्णवत्ता को बेहतर बनाने और अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजारों में उसकी बेहतर तरीके से ब्रांडिंग किये जाने का हनर सिखाया जायेगा इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में राज्य सरकार की प्रमुख योजना एक जिला एक उत्पाद की भी प्रदर्शनी लगाई गई है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने फिर दोहराया है कि देश के राजकोषीय घाटे के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट तैयार करते समय राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम दो हजार तीन को ध्यान में रखा गया और इसका पालन किया गया वे जन जन का बजट दो हजार बीस इक्कीस के दूसरे चरण में हैदराबाद में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रही थीं उन्होंने कहा कि बजट तैयार करते समय समी क्षेत्रों के समी वर्गो के लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया था दिल्ली समाचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम वाराणसी में नगर निगम की ओर से संचालित किये जाने वाले एजुकेशन ऑन व्हील का लोकार्पण किया एजुकेशन ऑन ड्वील नाम का यह वाहन शहर की मलिन बस्तियों और पिछड़े इलाकों में जाकर लोगों को शिक्षित करेगा इस वाहन में तीस से पैंतीस बच्चे बैठकर अध्ययन कर सकते हैं वाहन में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को पढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा इसमें स्मार्ट क्लास की सुविधा भी उपलब्ध है भारत ने नोवेल कोरोना वायरस कोविड उन्नीस से निपटने में चीन के लोगों और वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है चीन में भारत के राजदत विक्रम मिप्री ने एक बयान में कहा है कि भारत इस कठिन समय में चीन के लोगों की हर संभव मदद करेगा उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस महामारी को रोकने के लिए मदद के तौर पर चीन को चिकित्सा सामग्री की खेप भेज रही है उन्होंने बताया कि यह प्रयास चीन के लोगों और वहां की सरकार के प्रति भारत की मैत्री सदाशयता और हमदर्दी को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं